वे आज कोविड नाइन्टीन के दौरान किये जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत कर रहे थे मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ते रहा हूं मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने संकट में काम किये इनके आशीवाद ते रहा हूं और मेरी प्रार्थना हैं कि बाबा और मां अन्नपूर्णोमय आपको और सामर्थय दे और शक्ति दे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में इस समय आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाए चल रही हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के हाल के फैसलों के बाद वहां हस्तशिल्य मध्मक्खी पालन डेयरी वस्त्र उद्योग और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में नये अवसर पैदा हो रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग अस्सी करोड लोग लामांवित हए हैं इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि बहत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गई है बल्कि वहां रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी बहत अच्छी है प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत कीं कितनी ही बड़ी आपदा न्यों न हो किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो शहर दुनिया को गति देता हो उसके सामने कोरोना क्या चीज है ये आपने दिखा दिया है प्रदेश सरकार ने राज्य में नई स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वीडियो कांफ्रॅस के जरिए हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है इसमें आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं को अप्रॅटिस कराने वाली कंपनियों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दो हजार पांच सौ रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी इसके लिए बजट में एक सौ करोड़ रूपए की धनराशि का प्रावधान भी कर दिया गया है मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति दो हजार अट्ठारह में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है मंत्रिपरिषद ने मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन को भी मंजुरी दे दी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बासठ दशमलव शन्य आठ प्रतिशत हो गई है अब तक चार लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अठहत्तर रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान इस वायरस से उन्नीस हजार पांच सौ सैंतालिस रोगी स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में देश में कोविड नाइन्टीन के चौबीस हजार आठ सौ उन्यासी नये मामले आने से संक्रमित लोगों की क्ल संख्या सात लाख सड़सठ हजार दो सौ छान्नबे हो गई है और एक दिन में चार सौ सत्तासी मौते हुई हैं मरने वालों की संख्या बढकर इक्कीस हजार एक सौ उन्तीस हो गई है दो लाख उन्हत्तर हजार सात सौ नवासी लोगों का इलाज चल रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को विभिन्न तरीके से मदद की हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि ट्रस्ट ने न केवल प्रवासी मजदूरों को पांच लाख भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए हैं बल्कि तनावग्रस्त बच्चों की मदद की भी व्यवस्था की कख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज मध्यप्रदेश के उज्जैन से उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने उसका सुराग देने वालों को पांच लाख रूपये की राशि इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि विकास दुबे उज्जैन में राज्य पुलिस की हिरासत में हैं इस बीच सुत्रों ने बताया कि विकास दबे सुबह मंदिर के गेट पर पहंचा और पुलिस चौकी के पास एक काउंटर से दो सौ पचास रुपये का टिकट भी खरीदा था जब वह महाकाल के लिए प्रसाद खरीदने के लिए पास की एक द्वकान पर गया तो द्वकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सतर्क कर दिया